संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष स्मित्रा महाजन ने विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया श्रीमती महाजन ने कहा कि चर्चा के लिए तिथि और समय का चयन दस दिन के भीतर कर लिया जायेगा उन्होंने आंध्रप्रदेश के वाई एस आर कांग्रेस के पांच और कर्नाटक से तीन लोकसभा सदस्यों के इस्तीफे भी मंजूर किए इससे पहले प्रश्न काल में विरोधी पार्टियों और कांग्रेस के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाने शुरू किए तेलगुदेशम पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्य हाथों में तख्तीयां लेकर सदन के बीच जाकर नारे बाज़ी की केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार अनुसुचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी तहर से कमजोर नहीं होने देगी

उन्होंने कहा कि मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए सरकार राज्यों में विशेष अदालते स्थापित करने पर विचार कर रही है

एक अन्य उत्तर में गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के प्रति अपराधों में कोई बढ़ोतरी नहीं ह्ई है शहरी स्थानीय निकाय महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने आज सोनीपत को स्वच्छ बनाने के लिए सुभाष चौक से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की कार्यक्रम की श्रूआत की उन्होंने वाहनों के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना करते हए कहा कि चार साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद शहर में स्वच्छ भारत अभियान की श्रूआत की गई साथ ही सीवरेज और पेयजल पर कार्य श्रू किया गया इसमे सभी क्षेत्रों में सीवरेज की क्षमता बढ़ाने का कार्य प्रमुख तौर पर शामिल है

इसमें कर्मचारियों की एक बड़ी टीम तैनात की गई है

इनमें गीला कचरा और सूखा डालने के लिए अलग अलग बाक्स लगाए गए है उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इधर उधर कचरा फैंकने की बजाए नगर निगम के इन वाहनों में ही कचरा डाले

पकड़ा गया य्वक दिल्ली के मायाप्री इलाके से हैरोईन लाकर फतेहाबाद में आपूर्ति करता था आरोपी दिल्ली के मायापुरी इलाके से इन नाईजीरियन से हैरोईन लाया था जींद जिले में उचाना उपमंडल के गांव भौगंरा में एक बड़ा जलघर बनाया जायेगा

ये परियोजना पूरी तरह से नहरी पानी पर आधारित रहेगी उचाना के उप मंडल अभियंता के अनुसार जलघर के निर्माण को लकर अगले सप्ताह टैंडर जारी कर दिए जायेंगे केन्द्रीय योजना रसायन एवं उर्वरक मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने नीति आयोग से किसान की आय दोग्णी करने के लिए स्झाव मांगे थे उनके मंत्रालय ने सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्वि सहित तीन स्झाव दिए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मुल्रू में वृदवि का सुझाव मान लिया है और शेष दो सुझाव विचाराधीन है वे रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा कस्बे मे जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे श्रीराव ने कहा कि उनका एक ओर स्झाव आगामी दिसम्बर तक मान लिया जायेगा इससे किसानों की ओर अधिक लाभ होगा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि न्यूनत समर्थन मुल्य में वृदवि एक ऐतिहासिक फैसला है अब हर वर्ष लाभ के साथ फसलों के मूल्य निर्धारित होंगे

हरियाणा के खादय एवं आपूर्ति मंत्री श्री कर्णदेव कांबोज ने एजैंसियों को खरीफ की फसलों की सम्चित खरीदारी के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिये ताकि सभी किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके श्री कांबोज आज चंडीगढ़ में हैफेड एफसीआई हरियाणा राज्य वेयर हाऊस निगम तथा कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार दवारा फसलों के बढ़ाए गए मूल्य को लेकर किसानों में काफी उत्साह है इसके चलते प्रदेश के किसानों द्वारा खरीफ की फसलों की ब्आई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है खाद्य मंत्री ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार द्वारा धान बाजरा तथा मक्का की फसल की ब्आई का सर्वे करवाया जाएगा ताकि किसानों की फसल की खरीद के प्रे इंतजाम किये जा सके इसके लिए सम्चित मात्रा में बारदाना एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय रहते उचित कदम उठाने के भी निर्देश दिए हरियाणा के निर्वाचन विभाग को आईटी पहल हरियाणा चुनाव भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि म्ख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अंक्र ग्प्ता ने विभाग की ओर से यह अवार्ड प्राप्त किया उन्होंने बताया कि विभाग मतदाता शिक्षा मतदाता पंजीकरण मतदाता प्रेरणा से संबंधित जानकारी का प्रसार करने और नागरिकों विशेषकर य्वाओं को मतदान संबंधित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य कर रहा है विभाग की विभिन्न आईटी पहलों में से दो आईटी पहलों ने बेहतर शासन की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्होंने बताया कि हरियाणा च्नाव भौगोलिक सूचना प्रणाली इन आईटी पहलों में से एक है जो व्यापक बह स्तरीय जीआईएस प्लेटफार्म के साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों जिला ब्लॉक और गांवों आदि से संबंधित किसी भी स्तर की जानकारी उपलब्ध करवाने में सक्षम है

उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा कावड़ियों की सुरक्षा हेत् सभी प्रबंध किए जायेंगे

उपाय्क्त ने बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान जिले भर में डयूटी मैजिस्ड्रेट निय्क्त कर दिए जायेंगे व उनके साथ सम्बधित थाना प्रबंधक भी रहेंगे

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीश्री कर्णदेव कांबोज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र के झांसा के चावल मिल मालिक जहारवीर राणा से करीब एक करोड़ पांच लाख रुपये तथा निसिंग के भगवती राइस मालिक से नौ करोड़ पांच लाख रुपये की राशि बरामद की है

हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से निकलने वाले गंदे पानी को प्न प्रयोग करने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी उन्होंने कहा कि विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से निकलने वाले वेस्ट पानी को कृषि बागवानी थर्मल बिजली संयंत्रों और संस्थाओं इत्यादि में प्रयोग किया जा सकता है डा बनवारी लाल ने आज चंडीगढ़ में सिंगाप्र दौरे से संबंधित अन्भवों को सांझा कर रहे थे